ऑज पाली जिले के सुमेरपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि यह समिति द्रष्कर्म मामलों की प्रगति को देखने और दोषियों को दण्ड दिलाने के लिए काम करेंगी

अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य सरकार के पास विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है

इससे छोटे उद्योगों को नई तकनीक उपलब्ध कराई जा सकेगी और उनकी जरूरतों के अनुरूप इसमें बदलाव किया जा सकेगा

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अश्विनी भगत ने कहा कि आयोग की फूल बैंच विधानसभा चुनाव की तैयारियों और प्रबंध व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी राजनीतिक हलको में चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले आयोग का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है

आज जयपुर में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए श्री कटारिया ने कहा कि पिछले चार साल में महिलाओं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार समेत सभी तरह के अपराधों में गिरावट दर्ज हुई है उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासन में अपराध बढ़े थे जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हर तरह के अपराध कम हुए हैं

बुधवार शाम से चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी विद्यार्थियों के घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं पुलिस और प्रशासन ने शांति पूर्व मतदान सम्पन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किये हैं विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसर के आस पास पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है विश्वविद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों के अतिरिक्त बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है

इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिमन्यू पूनिया और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के एनएसयूआई प्रत्याशी रणवीर सिंघानिया पर हमले की कड़े शब्दों में निन्दा की है श्री पायलट ने आज एक बयान जारी कर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनावी राजनीति में असामाजिक तत्वों की सकियता बढ़ गई है उन्होंने हमलावरों की शीघ पहचानकर कठोर कार्यवाही करने की मांग की है

बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र में रेल की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई बूंदी जिले के घाट का बराना रेलवे स्टेशन और झपाइताके बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक बालिका की मृत्यु हो गयी

जैसलमेर के रामदेवरा में इन दिनों हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं

राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक भूवन भूषण यादव ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने हिरासत में हुई मौत को गंभीरता से लिया है और इस प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि इसके अलावा मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया गया है